प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर आज वर्षा जल संचय के जल शक्ति अभियान कैच द रेन कंपेन का वर्चअल माध्यम से श्भारंभ किया इस अभियान का नारा है वर्षा जल की बूंदे जहां गिरे जब भी गिरे एकत्र करें प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना है इसके तहत दौधन बांध के निर्माण के जरिये केन और बेतवा नदी को जोडने वाली नहर के माध्यम से केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा

इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा सकेगी विश्व जल दिवस का यह दिन ताजा पानी के महत्व और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है

इस वर्ष का विषय है जल के महत्व को समझना इसके जरिए विश्व भर में जलापूर्ति बनाए रखने में स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली की भूमिका पर विशेष बल दिया जा रहा है पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल के प्रति सामूहिक दायित्व को समझने पर जोर दिया था

अभियान के दूसरे दिन एक लाख तैंतालीस हजार पांच सौ पचहत्तर लोगों को पहली डोज का टीका लगा वहीं तीन हजार सात सौ इकहत्तर लोगों को टीका का दूसरा डोज दिया गया पहले दिन की तर्ज पर दूसरे दिन भी टीका लेने में बुजुर्ग सबसे आगे रहे कल एक दिन में कल एक लाख चौदह हजार पांच सौ चौंतीस बुजुगों ने टीके की पहली डोज ली

गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में कोरोना टीकाकरण का अभियान चलाया गया और चार सौ अनठावन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगायी गयी

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रामगढ़ जिले में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उर्न्होने स्वास्थ्य कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिया स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान की पूरी निगरानी की जा रही है

कल तिरासी नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं रांची जिले में एक मरीज की मौत हुई है

स्वास्थ विभाग के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख इक्कीस हजार दो सौ इकसठ हो गई है इनमें सात सौ छपन्न सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख उन्नीस हजार चार सौ नौ मरीज ठीक हो चुके हैं अब तक राज्य में एक हजार छियानबे मरीज की मौत कोरोना से हई है वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव चार सात प्रतिशत है अबतक संतावन लाख तिरसठ हजार सरसठ कोविड नमूनों की जांच की गई है कल दस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि चौबीस घंटे में चार लाख बासठ हजार लोगों का टीकाकरण किया गया

ओडिसा के राउरकेला में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत इस समय इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है

स्वास्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की योजना है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार अस्पताल भवन को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाना है इसमें बहत सारी कमियां हैं जिसे पूरा करने के लिए टीम द्वारा सरकार को अवगत कराया जाएगा

दुकानदारों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आगे सड़क फुटपाथ और सरकारी जमीन पर रखे सामानों को प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू की है उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि पूरे बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने तक हर रोज यह अभियान चलाया जायेगा

इन कामों से न केवल वे आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा है

दारू प्रखंड के बीडीओ राम रतन बरनवाल ने जेएसएलपीएस के प्रयासों की सराहना की

रेलवे आगामी होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा

यात्रा के दौरान कोविड से संबंधित सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है और अब संक्षिप्त खबरें पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के लबदा घाटी में संतुलन बिगड़ने से एक ट्रक पलट गया ट्रक के पलटने से चालक खलासी सहित तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी

इनके पास से एक देशी एयर पिस्टल और बाइक बरामद की गई